लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में देश के सात प्रमुख हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही थी लेकिन अब तीस हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की विस्तृत जांच की जा रही है

उन्होंने लोगों में कोरोना वायरस को लेकर घबराहट दूर करने के लिए सभी मंत्रालयों से सहयोग का आग्रह किया

यह निर्णय कल से लागू हो जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इधर प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमण से बचाव के लिए घर घर सर्वे का कार्य जारी है एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों की स्कीनिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सभी डॉक्टरों को अलर्ट रहने को कहा गया है और ड्यूटी में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा होर्डिंग तथा विज्ञापनों के माध्यम से भी कोरोना से भयभीत नहीं होने तथा सावधानी बरतने के बारे में जागरूक किया जा रहा है

इन दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा करने वालों में नोवेल कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण पाये जाने पर उन्हें तरन्त निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्रो में ले जाना चाहिए घर में उन्हें हवादार कमरे में रखें यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों के बीच कम से कम एक मीटर का फासला रखा जाये ब्रजुगोँ गर्भवती महिलाओं बच्चों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को संक्रमित व्यक्ति से बचाकर रखें मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी भी हालत में संक्रमित व्यक्ति को किसी भी सामाजिक या धार्भिक आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए उसे हाथों को साबुन और पानी से बार बार अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सेनीटाइजर हाथ पर लगाते रहना चाहिए संक्रमित व्यक्ति को हर वक्त सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए और छह से आठ घंटे बाद मास्क बदल लेना चाहिए मंत्रालय ने खांसी बुखार या सांस में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने की हालत में मदद के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किये हैं

इससे पहले विधेयक पर सदन में हई चर्चा के जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन विधेयक के तहत हाउसिंग बोर्ड को केवल अपनी जमीन पर ही अतिकमण हटाने और किस्त शास्ती वसलने के लिए अधिकार दिए गए हैं उन्होंने विपक्षी विधायकों की शंकाओं को दूर करते हुए विधेयक लाने के पीछे किसी हिडन एजेंडे से इनकार किया उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिकमण पर सजा कोर्ट ही देगा हाउसिंग बोर्ड को यह अधिकार नहीं दिए गए हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड उद्देश्य से भटक गया है हाउसिंग बोर्ड को संविधान के विपरीत अधिकार दिए जा रहे हैं विधायक सतीश पूनिया ने बोर्ड पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

इस कर्मचारी ने पहाड़ी पंचायत समिति के जीटीए नरेगा कार्य के भुगतान करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी